पछुआ हवा के कारण प्रदेश में ठंड का प्रकोप बढ़ा

पटना स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान में बर्ड फ्लू से छह मोरों की मौत के बाद चिड़िया घर को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है बर्ड फ्लू के कारण सोलह से उन्नीस दिसम्बर के बीच चिड़िया घर में छह मोरों की मौत हो गयी भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशुरोग संस्थान के विशेषज्ञों ने जांच में बर्ड फ्लू की प्रष्टि की है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि संस्थान के परामर्श पर जैविक उद्यान में संक्रमण फैलने से रोकने के लिए चिड़िया घर को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है उन्होंने कहा कि उद्यान के भीतर जितने भी पिंजड़ें हैं उन्हें संक्रमण मुक्त किया जा रहा है श्री मोदी ने कहा कि वायरस मुक्त होने की पुष्टि के बाद ही फिर से चिड़िया घर को खोला जायेगा उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने टिकट खरीदे हैं और अग्रिम ब्रुकिंग करायी है उनके पैसे वापस करने की व्यवस्था की जा रही है इधर ठंड में बढ़ोतरी के मद्देनजर बर्ड फ्लू को लेकर सतर्कता बरती जा रही है गौरतलब है कि कुछ दिन पहले मुंगेर जिले के असरगंज प्रखंड के कुछ गांवों में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी जिसके बाद से आसपास के क्षेत्रों में पक्षियों को मारने का आदेश दिये गये थे हालांकि कहीं भी पक्षियों से मानव में बर्ड फ्लू के वायरस फैलने का मामला सामने नहीं आया है प्रदेश में पछुआ हवा के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से पांच डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है कुछ स्थानों पर दस से पन्द्रह किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है गया बक्सर रोहतास कैमूर औरंगाबाद और नवादा जिले में कुछ स्थानों पर शीतलहर की स्थिति बनी हुई है इधर उत्तर बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में सुबह के समय घना कोहरा छाये रहने के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है कोहरे के कारण सड़क रेल और विमानों का परिचालन प्रभावित हुआ है गया आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान चार दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया पटना भागलपुर और पूर्णिया में भी न्यूनतम तापमान गिरकर दस डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में सुबह के समय कोहरा छाये रहने का अनुमान व्यक्त किया है मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि गया में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज सुशासन दिवस के रूप में मनाई गयी देशभर में इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गये नई दिल्ली में राजघाट के पास अटल जी का समाधि स्थल सदैव अटल आज राष्ट्र को समर्पित किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अटल जी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की एक रिपोर्ट बाईट विविधता में एकता का महत्व दर्शाने के लिए इस समाधि के निर्माण में देश के विभिन्न हिस्सों से लाए गए पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है मुख्य समाधि नौ चौकोर ब्लॉकों के बीच में दीपक की आकृति में बनी है नौ की संख्या का बड़ा महत्व है जो नवरस नवरात्रि और नवग्रहों को भी दर्शाती है नौ वर्गों को कमल की पंखुड़ियों के रूप में संजोया गया है समाधि का निर्माण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने दस करोड़ रुपये की लागत से किया है और निर्माण का पूरा खर्च अटल स्मृति न्यास समिति ने उठाया है

विभिन्न जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किये गये राज्यपाल लालजी टंडन ने वाजपेयी जी को उनकी जयंती पर भावांजलि अर्पित की श्री टंडन ने पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल परिसर में आयोजित भारतरत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयन्ती के अवसर पर उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें सादर नमन निवेदित किया समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी विधान सभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय विधान सभा में सत्ताधारी दल के उप मुख्य सचेतक अरुण कुमार सिन्हा विधायक नीतिन नवीन और संजीव चौरसिया सहित कई गणमान्य लोगों ने नमन किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पटना में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित की जायेगी और हर वर्ष उनकी जयंती राजकीय समारोह के रूप में मनायी जायेगी भारतीय जनता पार्टी की ओर से पटना में आयोजित श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा कि प्रधानमंत्री रहते हुए अटल जी ने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी ने भारतीय राजनीति में सफल गठबंधन राजनीति की शुरूआत की यूवा जदयू के प्रदेश महासचिव नवीन कुमार सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण बर्खास्त कर दिया गया है युवा जदयू अध्यक्ष अभय कुशवाहा ने श्री सिंह को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी निष्कासित कर दिया है क्रिसमस का त्योहार आज पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस अवसर पर गिरजाघरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है रात बारह बजे से ही राजधानी पटना समेत राज्य के सभी गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही हैं सुबह से ही गिरजाघरों में प्रार्थना के लिए ईसाई समुदाय के लोगों की भीड़ उमड़ रही है इस अवसर पर कई जगहों पर पारिवारिक मिलन समारोह पिकनिक और दावतों का भी आयोजन हो रहा है वहीं रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम सामाजिक सभा और उपहारों का आदान प्रदान भी किया जा रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों को क्रिसमस की बधाई और श्रभकामनाएं दी हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने क्रिसमस पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं अपने ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि इस अवसर पर हम प्रभु ईसा मसीह के संदेशों को याद करते हैं राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी क्रिसमस के अवसर पर लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल लालजी टंडन और केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने आज पूर्वी चंपारण जिले के पिपराकोठी स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र में देश के पहले पशु प्रजनन उत्कृष्टता केन्द्र का शिलान्यास किया ब्राजील के सहयोग से बनने वाले इस केन्द्र से पशुओ की नस्ल उन्नत बनाने में मदद मिलेगी इसका निर्माण राष्ट्रीय गोक़ल मिशन के अंतर्गत किया जा रहा है इस अवसर पर राज्यपाल श्री टंडन ने कहा कि इससे किसान पशुओं की नस्ल में सुधार कर सकेंगे और दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी से उनकी आय भी बढ़ेगी केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि इस कृषि विज्ञान केन्द्र परिसर में हार्टी कल्चर कॉलेज के साथ ही समेकित शोध संस्थान की भी स्थापना की जायेगी इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए कृषि रोड मैप को लागू किया है केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए आयु संबंधी मानदंड में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह ने कहा कि सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी खबरों और अनुमानों को विराम दिया जाना चाहिए बाईट किसी प्रकार का परिवर्तन करने का सरकार की ओर से न कोई इस प्रकार का प्लान है न कोई योजना है और यदि इस प्रकार की कोई अटकले लगाई जा रही हैं तो उससे जो परेशानी या बेचौनी छात्रों में हो रही है वो निराधार है इसमें किसी प्रकार से चिंता की कोई आवश्यकता नहीं सिविल सर्विसेज की परीक्षा को लेकरके सरकार किसी तरह का क्राइटेरिया बदलाव करने की योजना नहीं रखती है इससे पहले मीडिया में ऐसी खबरें आई थीं कि केन्द्र सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए सिविल सेवा परीक्षा में बैठने की ऊपरी आयु सीमा चरणबद्ध तरीके से दो हजार बाईस तेईस तक सताईस वर्ष कर सकता है इस समय सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा बत्तीस वर्ष है जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों के लिए यह सीमा सेंतीस वर्ष है पटना में संपन्न रणजी क्रिकेट मुकाबले में बिहार ने नगालैंड को दो सौ तिहत्तर रनों से हरा दिया है इस जीत के साथ प्लेट ग्रुप में बिहार ने चौथी जीत दर्ज की है बिहार ने अपनी दूसरी पारी में आठ विकेट के नुकसान पर पांच सौ पांच रन बनाकर पारी समाप्ति की घोषणा कर दी थी जीत के लिए चार सौ सैंतालीस रन के लक्ष्य का पीछा करने हुए नगालैंड की दूसरी पारी एक सौ तिहत्तर रन पर ही सिमट गयी बिहार की ओर से दूसरी पारी में विवेक कुमार और आशुतोष अमन ने पांच पांच विकेट लिये अररिया जिले के जोगीहाट थाना क्षेत्र से उत्पाद विभाग की टीम ने भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है सिवान मंडल कारा में बंद एक कैदी की आज इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गयी

पछुआ हवा के कारण प्रदेश में ठंड का प्रकोप बढ़ा